प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जीएसटी लागू होने के लिए राज्यों को क्रेडिट दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत कबीरदासजी को याद करते हुए कहा कि संत कबीरदास जी ने अंधविश्वास तोड़ने का काम करते हुए सामाजिक समरसता परजोर दिया प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास जी के दोहे का स्मरण करते हुए कहा कि संत कबीरदास जी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा को अपना धर्म बनाया

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूनानकदेवजी ने समाज और जातिगत भेदभाव को खत्म कर लोगों को गले लगाने की प्रेरणा दी है इससे पहले प्रधानमंत्री ने मनकी बात कार्यक्रम में भारतीय टीम की खेल भावना का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है कि अफगानिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण भारत की पावन भूमी पर हुआ है इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स डे की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के डॉक्टरों द्वारा देश विदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर डॉक्टर्स को बघाई दी है उन्होंने कहा कि डॉक्टर परिवार के मित्र होते है प्रधानमंत्री ने जलियावाला काण्ड को याद करते हुए कहा कि हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कल जयपुर में प्रदेश के कलक्टरों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए बैठक में कलेक्टरों के अलावा कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव और सचिवों ने भी भाग लिया ये सभी कलक्टर प्रदेश निर्वाचन विमाग की ओर से हए प्रशिक्षण में शामिल होने आये थे मुख्य सचिव ने कलक्टरों से सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली

राज्य सरकार इस दौरे के साथ प्रधानमंत्री की एक आम सभा करवाने की भी तैयारियां कर रही है

इस दौरान आगामी पांच दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इसके पश्चात रक्तदान शिविर आयोजित किया गया वहीं आज जिलेभर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है झालावाड़ में लोगों को वाहन के रूप में साईकिल चलाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर की अगुवाई में आज सुबह साईकिल रैली निकाली गई रैली में अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया सीकर जिले के खण्डेला के पूर्व विधायक श्री रामचन्द्र सुण्डा का आज सीकर में अंतिम संस्कार कर दिया गया श्री सुण्डा का कल निधन हो गया था

पूर्व केन्द्रीय मंत्री महादेव सिंह खण्डेला ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है राज्य के कई इलाकों में कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

शहर में एक घंटे की बारिश से ् सड़कों पर पानी भर गया